मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता दिल्ली से भोपाल लौटे

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक राशनकार्ड व्यवस्था लागू की गई है इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीबों को मिलेगा जो रोजगार अथवा दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए पौने दो लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे दो गज दूरी का पालन करते रहें और गमछा फेसकवर मास्क का हमेशा उपयोग करें मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर जारी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज सुबह दिल्ली से भोपाल लौट आए हैं माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल एक दो दिन टल गया है उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी लौटे हैं श्री चौहान की दो दिनों तक भाजपा के केंद्रीय नेताओं से चर्चा हुई लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है इस बीच कल दोपहर अचानक दिल्ली पहंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अभी दिल्ली में रुके हए हैं पार्टी सुत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी कुछ बातों पर अभी भी चर्चा चल रही है

इसके पूरे एक माह बाद अप्रैल में पांच मंत्रियों को शपथ दिलाकर श्री चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया तब से मंत्रिमंडल का विस्तार विभिन्न कारणों से लगातार टल रहा है किल कोरोना प्रदेश में कल से कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू हो रहा है अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए भी आम लोगों की जांच की जाएगी

उधर मुरैना शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस के माध्यम से एक दर्जन से अधिक स्थानों पर मास्क और हैण्डवास वितरित किये जा रहे हैं

इस सात वर्षीय योजना में बॉण्ड पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं होगी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस योजना में मिलने वाले ब्याज पर कर देना होगा इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जितनी राशि चाहे निवेश कर सकता है इस बचत बॉण्ड पर प्रतिवर्ष दो बार ब्याज दिया जाएगा

मौसम प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है

वहीं भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है

होशंगाबाद जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है कांग्रेस आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की भाजपा सरकार को आउटसोर्स सरकार कहा है भाजपा सरकार के सौ दिन पूरे होने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एन पी प्रजापति और पूर्व मंत्री पी सी शर्मा ने आज संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सौ दिन की सरकार के बाद भी मंत्रिमण्डल का ठीक से गठन नहीं हो सका है कांग्रेस नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के बड़ी संख्या में तबादले किये जाने और किसानों के कर्ज माफ नहीं होने के भी आरोप लगाये

इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर किया गया है इस टीके का परीक्षण अगले महीने शुरू होगा जो दो चरणों में होगा कोवैक्सिन नाम का यह टीका अब तक किये गये परीक्षणों में सफल रहा है संक्षिप्त समाचार उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के कल प्रदेश की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने की संभावना है राज्यपाल लालजी टण्डन के बीमार होने के कारण उन्हें प्रदेश का प्रभार भी सौपा गया है

मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल के नवनियुक्त मुख्य संगठक रजनीश हरबंश सिंह कल भोपाल में पदभार ग्रहण करेंगे राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस जी पी सिंघल को राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया है छतरपुर जिले के ग्राम खैरी में स्व सहायता समृह की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे आजीविका मिशन से जुड़ सकें